प्रदेश पुलिस महा निदेशक सीता राम मरढ़ी ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के कुछ स्थानों पर गड़बड़ी के चलते ये निर्णय लिया गया है

ये युवक उतर प्रदेश व हरियाणा राज्य से संबंधित हैं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है पुलिस महा निदेशक ने बताया कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी ईद प्रदेशभर में आज ईद उल अज्हा हर्षाल्लास के साथ मनाई जा रही है शिमला ईदगाह के खतीब मौलाना मुमताज़ अहमद कासमी ने बताया कि ये दिन मुस्लिम समुदाय के पैग़मबर हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी को याद करने के लिए मनाया जाता है उन्होंने सभी लोगों को ईद उल अज्हा की मुबारकबाद दी है

इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम के सहयोग से यह ऑपरेशन किए जाएंगे भेंट विश्व हिन्दू परिषद के एक प्रतिनिधिमण्डल ने कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में खण्ड स्तर पर गौशालाएं खोलने की मांग की है परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें धर्मांतरण रोकने और बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों का पंजीकरण करवाने संबंधी अनेक मांगें की गई हैं पुरस्कार उत्तराखण्ड के पंतनगर में हुई कृषि विज्ञान केन्द्रों की जोन कार्यशाला में कृषि विज्ञान केन्द्र रोहड् को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केन्द्र चुना गया है इस कार्यशाला में हिमाचल के अलावा पंजाब जम्मू कश्मीर और उत्तराखण्ड के कृषि विज्ञान केन्द्रों ने भाग लिया लाहौल स्पीति के ताबो कृषि विज्ञान केन्द्र को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार प्रदान किया गया बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति परविन्दर कौशल ने इन कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है पैंशन योजना नई पैंशन योजना कर्मचारी एसोसिएशन को जिला कांगड़ा कार्यकारणी ने कर्मचारियों के सहयोग से दिवंगत कर्मचारी राज कुमार के परिवार को एक लाख दस हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की है एसोसिशन के अध्यक्ष ने बताया कि राजकुमार नई पैंशन स्कीम के कर्मचारी थे जिस वजह से परिवार को भी पैंशन का लाभ भी नहीं मिल पाएगा एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पैंशन के लाभ शीघ्र प्रदान किए जाए ताकि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को भी पैंशन की सुविधा मिल सकें मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाये हुए हैं

कांगड़ा ऊना मंडी और डलहौजी में भी वर्षा होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है

आपका फैसला के शब्द हैं पुलिस भर्ती में बड़े गिरोह का भंडाफोड दैनिक जागरण का शीर्षक है फर्जीवाड़े पर पुलिस भर्ती प्रकिया रद्द दैनिक सवेरा टाईम्स की सुर्खी है लाखों रुपये लेकर पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पास करवाने वाला गिरोह धरा

सिल्ट ने रोके चार विद्युत प्रोजेक्ट शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है भारी वर्षा के कारण नाथपा झाकड़ी तथा बासपा परियोजना में बिजली उत्पादन गिरा इसी अख़बार की एक अन्य ख़बर है आईजीएमसी रचेगा इतिहास आज होगा पहला किडनी ट्रांसप्लांट हिमाचल दस्तक की एक ख़बर है बिना काउंसिलिंग नहीं मिलेगा सस्पेंड हुआ ड्राईविंग लाईसेंस सड़क हादसे रोकने को नए कदम उठाएगा परिवहन विभाग

हिमाचल से जम्मू बस सेवा बहाल फिलहाल दिन में ही जाएंगी पथ परिवहन निगम की बसें दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है दैनिक भास्कर की सुर्खी है मनाली में पैराग्लाइडर क्रैश होने से हैदराबाद के पर्यटक की मौत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

नमस्कार